प्रदेश में फिर भीषण गर्मी का प्रकोप

मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में अब तक एक सौ इक्यासी बच्चों की हुई मृत्यु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सशक्त सुरक्षित विकसित और समावेशी राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत वर्षो बाद देश की जनता ने एक तरफा मतदान करके एनडीए सरकार को दोबारा चुना है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों ने यह दिखा दिया है कि जनता अपने निजी हितों की तुलना में देश की भलाई के बारे में अधिक सोचती है और यह भावना प्रशंसनीय है प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह में लोगों ने प्रयोग के तौर पर सरकार को एक मौका दिया था दो हजार उन्नीस का चुनाव सरकार के कामकाज का पूरी तरह आकलन करने के बाद किया गया फेसला है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चुनाव को हार और जीत के रूप में नहीं बल्कि एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सेवा करने के अवसर के रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए सभी लोगों से मिलकर इस दिशा में काम करने की अपील की

वे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल कायाकल्प मिशन की चौथी वर्षगांठ पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे श्री प्ररी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से इक्यासी लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चूकी है उन्होंने कहा कि अगले वर्ष की पहली तिमाही तक बाकी सभी मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी जाएगी श्री पुरी ने विश्वास व्यक्त किया कि दो हजार बीस तक लाभार्थियों को सभी मकान दे दिए जाएंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि तीनों योजनाओं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी और अमृत में आठ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं पटना में आज राज्य में विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान मूख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए पूलिस गश्त लगातार जारी रखने और गश्ती वाहनों में जीपीएस तकनीक का उपयोग करने को कहा है श्री क्मार ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस महकमे को हर तरह के संसाधन दे रही है फिर भी अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि अपराध नियंत्रण के लिए बातें कम और जमीन पर काम ज्यादा करें बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय मुख्य सचिव दीपक कुमार गृह सचिव आमिर सुबहानी समेत पुलिस महकमे के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे प्रदेश में दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ चौरासी हो गयी है बारिश में कमी और तापमान में वृद्धि के कारण नये मामले फिर से सामने आने लगे हैं मुजफ्फरपुर में तीन बेगूसराय में दो और भागलपुर तथा समस्तीपुर में एक एक बच्चों की मौत की खबर है मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में सात नये मरीजों को भर्ती कराया गया इन दोनों अस्पताल में बावन बच्चों का इलाज चल रहा है जिनमें दो की स्थिति गम्भीर बतायी जाती है इधर राज्य सरकार द्वारा मरने वाले बच्चों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का खूलासा हुआ है कि अधिकांश पीड़ित परिवार गरीबी की चपेट में हैं और उनमें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव है बीमार पड़े दो सौ नवासी बच्चों में इकसठ बच्चे ऐसे पाये गये हैं जिन्होंने बीमारी की चपेट में आने से पहले रात में भोजन नहीं किया था दो सौ पांच बच्चे बीमार पड़ने से पहले ध्रप में खेलने गये थे एक सौ छत्तीस पीड़ित अभिभावक ऐसे मिले हैं जिन्हें मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की जानकारी ही नहीं थी देश में आपातकाल की घोषणा को आज चौवालीस वर्ष प्ररे हो गए हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने उन्नीस सौ पचहत्तर में पच्चीस जून की आधी रात में आपातकाल लागू किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश उन सभी महान लोगों को नमन करता है जिन्होंने आपातकाल का निडर होकर पूरी शक्ति से विरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि तानाशाही सोच देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से हार गई थी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की बाईट चौवालीस साल पहले इसी दिन में कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब आंवेडकर द्वारा दिया गया संविधान को पूरा ध्वस्त करते हुए देश पर आपातकाल लादा था और उसमें प्रेस की आजादी खत्म की व्यक्ति की विचार की आजादी खत्म कर दी पूरे देश को जेल खाना बनाया

मौसम विभाग ने कहा है कि पछुआ हवा के कारण मध्य और पश्चिम दक्षिण बिहार में अगले अड़तालीस घंटों तक बारिश की कोई सम्भावना नहीं है पटना सहित दक्षिण बिहार का अधिकतम तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है जिस कारण लू की स्थिति उत्पन्न हो गयी है

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर पूर्णियां मुजफ्फरपुर और सारण जिले में आसमान में बादल छाये रहेंगे पूर्वी चम्पारण मध्बनी और सबौर में कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी होने की सम्भावना है उधर कृषि वैज्ञानिकों ने मॉनसून के रूख को देखते हुये किसानों से अधिक पानी वाली फसल नहीं लगाने की अपील की है पूर्वी चंपारण और खगड़िया जिले में भीषण गर्मी के मददेनजर एकबार फिर सभी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को उनतीस जून तक बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं यह आदेश आज से प्रभावी हो गया है जिलाधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देश में कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है इसके साथ ही जिले में धारा एक सौ चौवालीस भी लागू कर दी गयी है जिसके तहत सुबह साढ़े दस बजे से संध्या चार बजे तक जिले में हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी गौरतलब है कि कल ही गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुले थे इधर मुजफ्फरपुर में भी भीषण गर्मी के मददेनजर जिलाधिकारी ने अठाईस जून तक सभी स्कूलों में पठ्न पाठन स्थगित रखने का निर्देश दिया है भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खरीक थानाध्यक्ष दिलीप कुमार को शराब पीने के आरोप में निलंबित कर जेल भेज दिया गया नवगछिया की पुलिस अधीक्षक निधि रानी ने बताया कि थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रतिदिन शराब का सेवन करने का आरोप औचक छापेमारी के दौरान सही पाया गया मेडिकल जांच में भी शराब पीने की पुष्टि हुई है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिये गये है मुंगेर पुलिस ने कल व्यवसायी से लूट मामले का उद्भेदन करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने लूटी गयी राशि छह लाख इक्तीस हजार रूपये में से तीन लाख इकतालीस हजार रूपये बरामद कर लिया है पटना नगर निगम के उप महापौर विनय कुमार पप्प के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव चालीस मतों के अंतर से पारित हो गया इसके साथ ही श्री पप्पू उप महापौर के पद से हटा दिये गये हैं

प्रदेश में फिर भीषण गर्मी का प्रकोप

मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में अब तक एक सौ इक्यासी बच्चों की हुई मौत